मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्म निर्भर नहीं होगा बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा हस्तशिल्प वस्तुओं इलेक्ट्रिोनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भर बनना होगा प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है उन्होंने अपने भाषण में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे मन की बात एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबिता राजपूत का जिक्र किया जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया है बबिता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों को सरहाने के लिए धन्यवाद दिया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है ऐसे लोगों को टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी

सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा जबकि निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा

श्री चौधरी ने बताया कि इन सभी अस्पतालों पर नागरिकों को स्लॉट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे इच्छानुसार तारीख और समय के स्लॉट पर टीकाकरण करवा सकेंगे

किसान सम्मेलन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान और खेती सशक्त राष्ट्र और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के आधार हैं उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा श्री पटेल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में आयोजित मध्यप्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित हैं उन्होंने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून बनाए गए हैं सरकार ने नीतियों और नियमों में परिवर्तन किए हैं चना मसूर और सरसों अब गेहूँ के साथ खरीदा जाएगा जिसका सीधा लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा वस्तु निगरानी केन्द्र सरकार ने कहा है कि इंडिया मोबाइल ऐप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और विश्लेशषण करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह ऐप पिछले महीने जारी किया था इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करना है

मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप के जरिये मूल्यों की सूचना बाजार केंद्रों से होती है और भू संकेत उस स्थाजन के बारे में सूचना देते हैं जहां से मूल्य लिए जा रहे हैं

एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के इस पहले पूर्ण वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के नये युग का सूत्रपात होगा

उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों के नवाचार और जज्बे को प्रदर्शित करते हैं

इस अवसर पर आज केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर सीवी रमण का स्मरण करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है

नमस्कार